उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड्र ने इसरो के वैज्ञानिकों से कहा है कि वे आम लोगों को ध्यान में रखते हए सेटेलाइट डाटा उपलब्ध कराये और स्शासन के लिए नीतियां तैयार करने में मदद करे हैदराबाद में वैज्ञानिकों को सम्बोधित करते हुए श्री नायड् ने कहा कि वे आम लोगों खासतौर पर किसानों की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करें

इसरो के अध्यक्ष के सीवन ने बताया कि अगले वर्ष तीन जनवरी को चंद्रयान दो जा सकता है हरियाणा प्लिस दवारा महिला स्रक्षा के लिए श्रू की गई मोबाइल ऐप द्र्गा शक्ति को लेकर जागरूकता जगाने के लिए प्लिस कर्मियों की एक टीम ने जे सी बी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद का दौरान किया प्लिस कर्मियों ने सभी छात्राओं से ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करने तथा परिजनों व दोस्तों को भी ऐसा करने हेत् प्रेरित करने को कहा क्लपति प्रो दिनेश क्मार को आहवान पर सभी छात्राओं व महिला कर्मियों ने द्र्गाशक्ति ऐप डाउनलोड करके इसे ओर प्रचारित करने का आहवान दिया प्लिस कर्मियों ने छात्राओं से कहा कि प्लिस को अपना दोस्त समझे और किसी आपात्त स्थिति में प्लिस से सम्पर्क करने में संकोच न करें

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं का आहवान किया है कि वे शोध एवं अध्ययन कार्यो पर फोक्स कर छात्रों को ग्णवता की शिक्षा दे आज राजभवन मे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना कोई भी देश एव प्रदेश उन्नति नहीं सकता और न ही कोई व्यक्ति का विकास कर सकता है

अम्बाला के अतिरिक्त उपाय्क्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया है कि हरियाणा अन्सूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने इस वर्ष पचास गरीब परिवारों को स्व रोज़गार के लिए तीस लाख रूपये की आर्थियक सहायता व बैंक ऋण उपलब्ध कराये इसमें तीन लाख पैंतीस हजार रूपये का अन्दान व शेष बैंक राशि शामिल है

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ बनवारी लाल ने हिसार में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से चलने वाली रोटी बैंक या इस तरह की गतिविधियों को बंदर कराके सरकारी ज़मीन से कब्जा छड़वाने के निर्देश दिये है

पलवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दवारा गांव धतीर के माध्यम विद्यालय में एसिठ हमलों के खिलाफ जागरूक्ता अभियान के तहत एक शिविर लगाया गया

दीपक ने खेल खत्म होने के केवल तीन सेकेंड पहले एक अंक लिया

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में तीन दिनों से हो रही तेज़ बरसात के चलते पंचकूला में घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ गया है

यम्नानगर जिले में परसो से शुरू हुई बरसात रूक रूक कर जारी ह इससे धान व गन्ने की फसल को न्कसान हआ है

हथिनीकंउ बैराज पर चौंसठ हजार नौ सौ क्यूसेक पानी दर्ज किया गया पंचक्ला जिला प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति से निपटने प्खता प्रबंध किये है और इस दिशा में जिला व खंड स्तर पर बाढ़ नियत्रण कक्ष भी सथापित किये गये है पचकूला के उपाय्क्त म्कूल क्मार ने अधिकारी भी तैनात कर दिये है ताकि समय रहते किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके पिछले तीन दिनों से हो रही बरसात के ताज़ा हालात पर फतेहाबाद के उपाय्क्त डॉ जे के आभीर ने विचार विमर्श किया और सभी विभागों को गांव स्तर फसलों की स्थिति बारे जल्द रिपोर्ट देने को कहा उन्होंने किसानों से भी कहा कि वे जल भराव की सूचनायें सिंचाई विभाग को साथ सांझा करें मेवात क्षेत्रमें आज तीसरे दिन भी बारिश के चलते बाजरा कपास धान आदि की पकी फसलों को भारी न्कसान हुआ है नूंह से इनैलो विधायक चौधरी ज़ाकिर हसैन ने कहा कि वे मौसमी वर्षा से नूंह के किसानों की पकी फसल भारी न्कसान हुआ है उन्होंने इसके शीघ्र मुआवजे की सरकार से मांग की है अम्बाला में देर रात जारी वर्षा के कारण दो लोगों की मौत हो गई अम्बाला नारायणगढ़ रोड पर तेज़ बारिश में चलती कार पर पेड़ गिरने से कार में सवार आठ लोगों में से एक महिला की मौत हो गई व सात लोग ब्री तरह से घायल हो गये घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है द्सरी घटना में अम्बाला में जंडली गांव में एक कच्चे मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई व एक ब्री तरह घायल हो गया कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आज और कल लगने वाला कृषि मेला बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया है अब यह मेला चार व पांच अक्तूबर को लगेगा

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस दिन एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा और समाज के सभी वर्गो के लोगों को शामिल करके राज्यजिला म्ख्यालयों पर रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया जाएगा